राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज दो नई योजनाओं की भाुरुआत करेंगे राज्य में अबतक अढ़सठ हजार छह सौ तीन कोरोना संक्रमित स्वस्थ हुए

आज विश्व हृदय दिवस पर कई कार्यक्रम

महात्मा गांधी ने कहा था कि कठिनाइयों के दौर में भी हमें दुसरों के हित की बात सोचनी चाहिए और उनकी मदद का प्रयास करना चाहिए

प्रधानमंत्री गंगा को समर्पित पहले संग्रहालय गंगा अवलोकन का भी उदघाटन किया इस अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्थान से गंगा नदी पर संयुक्त रूप से प्रकाशित एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया

राज्य की ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब से कुछ देर बाद दो नई योजनाओं की शुरुआत करेंगे इनमें फूलो झानो आशीयोंद योजना आजीविका संबर्द्वन हनर अभियान आशा शामिल है इसके अलावा पलास ब्रांड का भी अनावरण किया जाएगा ग्रामीण विकास विभाग की पहल पर शुरू होने वाली इन योजनाओं से ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आत्मनिर्मर बनने का मौका मिलेगा इस मौके पर ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम भी मौजूद रहेंगे जमशेदपुर में उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत की अध्यक्षता में वन स्टॉप सेंटर फॉर यीमेन की जिला स्तरीय टास्क फोर्स की बैठक हुई बैठक में यन स्टॉप सेंटर का मुख्य उद्देश्य पारियारिक सामाजिक बहिष्कार की शिकार महिलाओं को परामर्श रेफरल और पुनर्वास सेवाएं प्रदान करने पर विमर्श किया गया केन्द्र सरकार ने एक वेबसाइट की इस खबर का खंडन किया है कि प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना के तहत गरीबी की रेखा से नीचे के परिवारों की बालिकाओं को विवाह के लिए केन्द्र सरकार पचास हजार रूपये देगी एक टवीट में पत्र सुचना ब्यूरो ने इस दाये को गलत बताया है इसमें कहा गया है कि केन्द्र सरकार की ऐसी कोई योजना नहीं है चतरा जिले के हंटरगंज प्रखंड स्थित उत्क्रमित मध्य विद्यालय खूंटी केवाल विद्यालय में बच्चों के राशन और मिलने वाली राशि में गड़बड़ी का मामला सामने आया है विद्यालय प्रबन्ध समिति के अध्यक्ष और अभिभावकों ने स्कल के पारा शिक्षक सह सचिव पर गडबडी का आरोप लगाया है जिला शिक्षा अधीक्षक जितेंद्र सिन्हा ने कार्रवाई करते हुए आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है श्री सिन्हा ने बच्चों के बीच तत्काल राशन और राशि के वितरण का निर्देश दिया राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए की तीन और शाखाएं रांची इम्फाल और चेन्नई में खुलेंगी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एनआईए की तीन नई शाखाओं की स्वीकृति दे दी है जामताडा जिले में मजदूरों और जरूरतमंद लोगों को रोजगार से जोडने के लिए जिला प्रशासन प्रयासरत है

अबतक कल अढ़सठ हजार छह सौ तीन लोग ठीक हुए हैं

इसके साथ ही राज्य में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर बारह हजार एक सौ छब्बीस रहे गई है प्रदेश का रिकवरी रेट चौरासी दशमलव दो छह प्रतिशत हो गया है इधर कल एक हजार पांच सौ आठ नए मरीज मिलने से राज्य में क्ल संक्रमितों की संख्या बढकर इक्यासी हजार चार सौ सत्रह हो गई है

प्रदेश में अबतक इक्कसीस लाख से अधिक सैंपल की जांच की गई है धनबाद पीएमसीएच ब्लड बैंक में प्लाज्मा थैरेपी की सुविधा उपलब हो गई उपायक्त उमा शंकर सिंह और एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कल प्लाज्मा थैरेपी का उद्घाटन किया इसके साथ ही धनबाद रांची के बाद दुसरा जिला बन गया जहां ब्लड से प्लाज्मा निकालने की व्यवस्था शुरू हो गई है

उदघाटन के बाद उपायुक्त ने कहा कि एफरेसिस रूम में कोरोना से लड़कर स्वस्थ हुए मरीजों का प्लाज्मा लिया जाएगा जो गंभीर कोरोना संक्रमित मरीजों के उपचार में संजीवनी का काम करेगी मौके पर मौजूद वरीय पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जिले का पहला प्लाज्मा डोनर पुलिस बल का जवान अरूण कुमार साव है उन्होंने कोरोना को मात देने वालों से अन्य संक्रमित को स्वस्थ करने के लिए प्लाज्मा डोनेट करने की अपील भी की राज्य सरकार ने निजी प्रयोगशालाओं में रैपिड एंटीजन किट से जांच कराने पर अधिकतम राशि पांच सौ पचास रुपए निर्धारित कर दी है स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर नितिन मदन कलकर्णी ने इस संबंध में आदेश जारी किया है वर्तमान में रैपिड एंटीजन किट से जांच के लिए निजी प्रयोगशालाओं को आईसीएमआर और राज्य सरकार द्वार अनुमति दी गई है जारी आदेश में बताया गया कि रैपिड एंटीजन किट से निगेटिव हुए सिम्पटोमैटिक मरीजों की जांच आरटीपीआर से कराना अनिवार्य है संबंधित जिला के सिविल सर्जन इसको मॉनिटरिंग करेंगे आदेश में कहा गया है कि निजी प्रयोगशालाओं द्वारा जांच के लिए पांच सौ पचास रुपए से अधिक लेने पर कार्रवाई की जाएगी

देशभर में सक्रिय मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या पांच गुना से अधिक हो गई है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

इस के आयोजन का उद्देश्य हृदय रोगों और संबंधित समस्याओं के प्रति लोगों को जागरूक बनाना है

रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल परिषद की बैठक में यह स्वीकृति दी गई

जिला के सभी प्रखंडों में रैपिड एंटीजन किट के माध्यम से विशेष कोरोना जांच शिविरों का आयोजन किया जा रहा है

मंत्रिमंडल की नियुक्त समिति ने वाघेला की नियुक्ति का अनुमोदन कर लिया है